यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधाप्रसारण होगा

केंन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कल इस संबंध में जारी सरकुलर में ये जानकारी दी है

फ्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतुक गांव पालमपुर के ननाओं पहुंचेगा और उसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अतिंम संस्कार किया जायेगा उल्लेखनीय है कि पूर्वी भूटान में हैलिकॉप्टर हादसे में फ्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार शहीद हो गए थे इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की

यह उत्सव तेलंगाना के लोगों के जीवन को दर्शाता है शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां दुर्गा के पांच प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी ज्वालामुखी ब्रजेश्वरी देवी चिंतपूर्णी और नयना देवी में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना व हवन यज्ञ चल रहे हैं तथा मां दुर्गा के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है इस अवसर पर शक्तिपीठों व मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि जिला प्रशासन नवरात्रों के दौरान संकट मोचन और तारादेवी मंदिरों के लिए विशेष बस सुविधा उपलब्ध करवाएगा प्रदेश के अधिकांश क्षेंत्रों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला आज भी रूक रूक कर जारी है

मौसम में आये इस बदलाव से राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है वहीं इस बारिश से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में मक्की की फसल को नुकसान भी हुआ है मौसम विभाग ने दो अक्तूबर तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी का शीर्षक है कांग्रेस ने पच्छाद से मुसाफिर धर्मशाला से विजय इंद्र कर्ण को मैदान में उतारा अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला में कांग्रेस ने युवा और नए चेहरे पर खेला दांव दैनिक भास्कर लिखता है पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर धर्मशाला से विजयइंद्र कर्ण को दिया टिकट दैनिक जागरण दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है धर्मशाला से विजय पच्छाद से मुसाफिर कांग्रेस के उम्मीदवार मौसम पर पंजाब केसरी के शब्द हैं रोहतांग की चोंटियों पर हिमपात से शीतलहर शुरू

दैनिक सवेरा टाईम्स के मुताबिक हिमाचल में खूब बरस रहे मेघ सूबे में दो अक्तूबर तक सक्रिय रहेगा मॉनसून हमीरपुर कंदरौर एनएच की उखड़ी टारिंग पुल गलत बनाया जांच शुरू शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सीएम ऑफिस ने बुलाई बैठक अफसरों और ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाही

अजीत समाचार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है सरकार पर्यटकों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत इसी अखबार की अन्य खबर है प्रकाशोत्सव के संबंध में निकाला नगर कीर्तन आज से शुरू हो रहे नवरात्र से जुड़ी खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं